स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

उपचार की दृष्टि से हल्के लक्षण या लक्षणरहित संक्रमित व्यक्ति को घर में ही पृथक रखने की अन्शंसा की गई है

ऐसे रोगियों को घर में अलग रखकर उपचार की अन्शंसा की जाएगी मंत्रालय ने कहा है कि एचआईवी संक्रमित अंग प्रत्योरोपित व्यक्ति और केंसर का उपचार करा रहे रोगियों को घर में पृथक रखने की अन्शंसा उनका उपचार कर रहे चिकित्सा अधिकारी द्वारा भलीभांति जांच के बाद ही की जाएगी

इस मुद्दे पर आज जिला उपाय्क्त कार्यालय में विधायक तेची कासो और आला अधिकारियों की बैठक ह्ई इस बैठक में राजधानी क्षेत्र में कोविड की स्थिति और प्रबंधन पर विचार विमर्श किया गया जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतम द्वारा जारी आदेश के अन्सार शनिवार से लागू हो रहे नाईट कर्फ्यू के दौरान केवल आपातकालिन और आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी जाएगी इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया को आई कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट होगी संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिला उपाय्क्त ने राजधानी क्षेत्र के लोगों से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए एस ओ पी का पालन करने की अपील की उन्होंने नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रशासन के साथ सहयोग करने की भी अपील की

इस बीच पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश में कोविड के एक सौ चौरानवें नए मामले दर्ज किए गए है और इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढकर एक हजार एक सौ बारह हो गई है सभी नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से अड़सठ लोअर दिबांग वैली से चौवन और पापुम पारे जिले से अट्ठारह मामले शामिल है वहीं द्रसरी तरफ ग्रुवार को सैतालीस कोविड रोगी स्वस्थ हए जिसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की आकड़ा बढ़कर सत्रह हजार पिचासी हो गई है

तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलग्न में टेलिहब के नोडल ऑफिसर डॉ मिंगम पर्टिन ने बताया कि प्रायोगिक तौर पर सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक दिन को ग्यारह से बारह बजे के बीस ई संजीवनी एप और संचार के अन्य माध्यमों से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी लेकर विशेषज्ञ चिकित्सक उन्हें जरुरी सलाह देते है उन्होंने कहा कि जरुरत पड़ने पर समय को बढ़ाया जाता है डॉ पर्टिन ने लोगों से स्रक्षित रहते हुए बीमारियों का इलाज कराने की अपील की

देशभर में चौबीसों घन्टे काम करने वाले इस नम्बर का इस्तेमाल करके गर्भवती महिलाएं आयोग तक पहंच बना सकती हैं

अमरीकी राष्ट्रपति भवन के म्ख्य चिकित्सा सलाहकार और अमरीका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने यह जानकारी दी इससे पहले भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद ने घोषणा की थी कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट को निष्क्रिय करने में प्रभावी है डॉक्टर फॉसी ने कहा कि भारत में दिख रही वास्तविक कठिनाई के बावजूद टीकाकरण बह्त ही महत्वपूर्ण अभियान है